राज्य सरकार ने घरेलु उपभोक्ताओं किसानों और उद्योगों के दो महीने के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान किया स्थगित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तबलीगी जमात के सम्पर्क में आने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचे लोगों से तुरंत अपना परीक्षण कराने की अपील की

भरतपुर में तबलीगी जमात से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि होने के बाद में यहां प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है

इधर टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी तबलीगी जमात से लौटने के बाद कई लोगों में कोरोना संकमण की पुष्टि हुई है यहां इन लोगों के सम्पर्क में आये परिजनों और अन्य निवासियों की जांच की जा रही है प्रदेश के कुछ जिले अभी भी ऐसे है जहां कोरोना ने दस्तक नहीं दी है वहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है झालावाड से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां भी एक भी मामला सामने नहीं आया है

जालौर जिले में भी लोक डाउन के दौरान एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नही है सभी व्यवस्थाएं माकूल है

उन्होंने कहा कि ये लोग खुद को छिपाये नहीं बल्कि सामाजिक हित में आगे आकर प्रशासन का साथ दें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ऐसे लोग जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है और जिनमें इस रोग के लक्षण प्रतीत होते है वे तुंरत अपनी जांच करायें श्री गहलोत ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक में हालात की समीक्षा करते हुए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि सभी जिलों में रेंडम सर्वे के आधार पर टेस्ट कराया जाये साथ ही ऐसे स्थान जहां पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा रही है उन पर इस सर्वे में अधिक फोकस किया जाये

सरकार ने उनके भारतीय वीज़ा को भी रद्द कर दिया है

लॉकडाउन और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की घोषणा के बावजूद ये विदेशी और अन्य लोग तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुये थे और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में गये जिससे कोरोना वायरस का प्रसार होने की खबर है

इसी कडी में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित मंडरायल उपखंड स्थित चंबल नदी पर बने अस्थाई पुल को मध्यप्रदेश के मुरैना जिला कलेक्टर के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आने जाने पर रोक लग गई है श्रीगंगानगर में लॉक डाउन के दौरान शुरू हुए राशन वितरण पखवाड़े में राशन वितरण करने से मना करने करने पर रायसिंहनगर में एक डिपो होल्डर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है पाली में ढोला के एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के ईलाज के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे जोधपुर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को बाहर से आने वाले और विदेशी लोगों के सम्पर्क में आएं लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने तथा होम आईसोलेशन की पालना करवाने के निर्देश दे दिए है

उन्होंने कहा कि पांच अप्रैल को कोरोना के संकट और अंधकार को चुनौती देनी है

उन्होंने कहा कि उस रोशनी में हम सब संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है कोई भी अकेला नहीं है उन्होंने कहा कि कोई भी इकट्ठा न हो और सोशल डिस्टेसिंग को किसी भी हालत में तोडना नहीं है उन्होंने कहा कि हमारे उत्साह से बढकर दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है

उन्होंने कहा कि जनता और प्रशासन ने मिलकर स्थिति को संभालने का मजबूत प्रयास किया

उन्होंने कहा कि सबका योगदान इस बात का सबूत है कि देश एक होकर कोरोना से लड़ सकता है उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी अकेला नहीं है

जनता को महाशक्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि यह महाशक्ति हमे मनोबल और लक्ष्य देती है